मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से दो दिन के मध्यप्रदेश दौरे पर रहेंगे वे कल होशंगाबाद के इटारसी से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी

श्री मोदी इस दौरान ग्वालियर में भी कुछ देर के लिए रूकेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है

श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकार और एनडीए सरकार के बीच अंतर का पैमाना काम की गति है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा स्पष्ट है कि वह न्यू इंडिया के निर्माण की ओर बढ़ रही है उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनसे अचल संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जयंत सिंहा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि यूडीएएन योजना से देश में उड्ड्यन क्षेत्र के प्रसार में व्यापक सफलता हासिल हुई है आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उड़ान दुनियाभर में अपनी किस्म की एक नायाब योजना है श्री सिन्हा ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे में भीड़ भाड़ कम करने के लिए हिंडन हवाई अड्डे को स्थानीय संपर्क के लिए शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा श्री सिन्हा का यह साक्षात्कार आज रात साढ़े नौ बजे आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है राशन कार्यवाही खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के राशनकार्डों पर खाद्यान्न ले रहे व्यक्तियों के विरूद्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी श्री तोमर ने यह बात शिवपुरी जिले के कोलारस में आयोजित जय किसान फसल ऋण माफी योजना जनसमस्या निवारण शिविर सहअंत्योदय मेले के मौके पर कही

श्री तोमर ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब उन्हें उचित मूल्य की दुकान से घुन लगा एवं कंकड़ युक्त राशन नहीं मिलेगा

श्रमोदय निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिये प्रदेश के चार शहरों रीवा शहडोल छतरपुर और रतलाम में श्रमोदय विद्यालय खोले जायेंगे मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश पर खोले जाने वाले इन श्रमोदय विदयालयों में मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ ही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी राज्य शासन ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये हैं

श्रमोदय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को पूर्णतरू निशुल्क शिक्षा गणवेश भोजन तथा पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी

तीनों आरोपी नरसिंहपुर जिले से हथियार लाया करते थे पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिसके बाद और भी मामलों का खुलासा हो सकता है इस संबंध में एसपी अमित सिंह ने बताया कि पकड़े गये तीनों आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के है

राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से पारित आदेशों पर अमल की प्रक्रिया और पक्षकारों को नकल देने की कार्यवाही की जाएगी

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में वृद्धि के कारण ठंड में कमी आ गई है मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और उसके आसपास एक चकवात की स्थिति बनने के कारण बंगाल की खाड़ी से हवा में नमी आ रही है जिससे आज और कल हल्की बारिश भी हो सकती है

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सामान्य से अधिक तापमान रिकार्ड किया गया